आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि समान्य पात्रता परीक्षा शुरू होने से कई परीक्षाएं नहीं करानी पडेगी जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये सरकार ने हर स्तर पर प्रयास किया है उन्हेांने कहा कि सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विभिन्न संगठनों का सहयोग लिया है

राज्यपाल ने प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा से चर्चा की श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए नये सिरे से रणनीति बनाई जाये

इसके लिए ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जायेगा कोरोना जागरूकता वाहिनी को पत्र सुचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरों की निदेशक ऋतु शुक्ला की मौजूदगी में विद्याधर नगर केन्द्रीय सदन परिसर से रवाना किया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करेंगे योजना के तहत आठ रूपये में खाना उपलब्ध कराया जायेगा

रास्ते में चाकसू तथा निवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्री पायलट का स्वागत किया गया इससे पहले जयपूर में पत्रकारों से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बनायी गयी तीन सदस्यीय समिति सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी और आने वाले दिनों में सभी समस्याओं का समाधान होगा

हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि कोरोना काल में इस अभियान से जिले के श्रमिकों को काफी संबल मिला है

जिला कलक्टर ने बताया कि इस अभियान के तहत आगे भी श्रमिकों को रोजगार से जोड़े रखने के लिये रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है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

साथ ही ये दूरदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

आयोग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोरोना परिस्थितियों के कारण यह निर्णय किया गया है

सवाईमाधोपुर करौली राजसमंद बारां धौलपुर तथा ड्रंगरपुर जिलों में भी टिड्डी दलों का मामूली असर हुआ है

सवाईमाधोपुर जिले में जिला मुख्यालय और आस पास कई जगह सुबह से बारिश हो रही है

दौसा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई

बांदीकुई में कई सरकारी कार्यालय पानी में डुब गये झंझन में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है